भारत और नेपाल ने आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला के लिये साझा प्रयास पर जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओली ने आज काठमांड् में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने के लिये दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों की मदद जारी रखेगा इससे पहले दोनों नेताओं ने सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला का संयुक्त रूप से उदघाटन किया चार सौ बिस्तरों वाली इस धर्मशाला के निर्माण का खर्च भारत ने दिया और इसे आज पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट को सौंप दिया गया

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी की शुरूआत करेंगे इससे देश के दूरदराज इलाकों में रह रहे लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा शुरूआत में देश भर में आईपीपीबी की साढ़े छह सौ शाखाएं होंगी और तीन हजार दो सौ पचास पहुंच केन्द्र होंगे इनकी शुरूआत देश भर में एक साथ होगी इस वर्ष के अंत तक देश के एक लाख पचपन हजार डाकघर भुगतान बैंक से जुड़ जाएंगे इन बैंको में बचत खाता चालू खाता पैसा भेजने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था बिलों का भूगतान तथा उद्यमों और व्यापार भूगतान की सुविधाएं होंगी इधर प्रदेश में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली गयी है राज्य के अड़तीस जिलों के एक एक डाकघर और एक सौ बावन ग्रामीण डाकघरों में पोस्टल बैंक खोले जायेंगे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कल पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान डाकघर में बैंक की शाखा का शुभारंभ करेंगे वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे रेलवे के आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को जमानत दे दी है वहीं अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को अदालत में पेश करने का वारंट जारी किया है अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के एक अन्य मुचलके पर जमानत दी इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी इससे पहले अदालत ने लालू प्रसाद के परिजनों और अन्य को तलब कर आज अदालत में पेश होने को कहा था लालू प्रसाद उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों पर आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेकों का संचालन एक निजी कंपनी को देने में अनियमितता बरतने का आरोप है लालू प्रसाद आज अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि एक अन्य मुकदमे में वह रांची की जेल में बंद हैं सीबीआई ने इस मामले में सोलह अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद राबड़ी देवी तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग की दो हजार सत्रह में हुई संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पहली नजर में पूरी परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी सामने आयी है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कथित परीक्षा घोटाले के कारण लोगों को इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आईटीआई संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी श्री सिन्हा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाल में जिन आईटीआई में गड़बडी के कारण परीक्षाएं रद्द की गयी हैं वहां पूरी पारदर्शिता से फिर से परीक्षाएं ली जायेंगी पूर्णिया और मूजफ्फरपूर जिले में अलग अलग घटनाओं में भीड़ के साथ हिंसक झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गये सूत्रों ने बताया कि पूर्णिया जिले के सदर थाना के ख़ुश्कीबाग ओवरब्रिज के पास आज ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने जाम हटाने गयी पुलिस जीप में आग लगा दी इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गये वहीं मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में एक युवक की मौत के विरोध में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गयी इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है नये नियमों के अनुसार निर्धारित समय तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है समय पर आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने पर सालाना पांच लाख रूपये तक आय वाले को एक हजार रूपये जबकि उससे अधिक की आय वाले कर दाताओं पर पांच हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है आज बारह बजे रात तक आयकर विभाग के कार्यालयों में रिटर्न भरे जा सकते हैं प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है मॉनसून की ट्रफलाईन नवादा के ऊपर से होकर गुजर रही है जिससे पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी है सबसे अधिक आठ आठ सेंटीमीटर बारिश भागलपुर जिले के कहलगांव और पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर में रिकॉर्ड की गयी वहीं गोपालगंज बांका मुरलीगंज डेहरी बहादुरगंज कटिहार चनपटिया और लखीसराय में पांच सेंटीमीटर से छह सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गयी मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण तेरह जिलों में धान की रोपनी का लक्ष्य सौ प्रतिशत हासिल कर लिया गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बक्सर रोहतास कैमूर सीवान पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी शिवहर मधेपुरा अररिया कटिहार भोजपुर किशनगंज और सहरसा जिले में लक्ष्य के अनुरूप धान की रोपनी हुयी है वहीं अठारह जिलों में बानवे से निन्यानवे प्रतिशत रोपनी का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है कृषि विभाग ने विभिन्न जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण करा कर धान की रोपनी का जायजा लिया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में नये ईंट भट्ठे स्थापित करने के लिये नयी स्वच्छता तकनीक अपनानी होगी श्री मोदी ने कहा कि जो ईंट भट्ठे प्रद्षण नियंत्रण की तकनीक नहीं अपनायेंगे उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य में साढ़े छह हजार ईंट भट्ठे हैं जिनमें से दो हजार संचालकों ने प्रद्षण नियंत्रण और स्वच्छ तकनीक अपनाने का शपथ पत्र दिया है जबकि सात सौ ईंट भट़ठों ने यह तकनीक अपना ली है अररिया जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हर तबके विशेषकर गरीब लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने में कारगर साबित हो रही है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट अररिया संवाददाता की रिपोर्ट अररिया जिले में लोग सालाना तीन सौ तीस रुपये के सस्ते प्रीमियम वाले इस टर्म इंश्योरेंस प्लान का लाभ लेकर अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निबंधन कराने वाले मुकेश कुमार राय ने बताया कि जीवन बीमा का यह सबसे सस्ता विकल्प है

परिवार के कमाने वाले सदस्य के गुजर जाने की स्थिति में बीमा के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की सहायता राशि कई लोगों के लिए तत्काल एक बडा सहारा बनी है आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से गौतम सिंह सहगल समस्तीपुर शहर स्थित एलआईसी के एक कार्यालय से दिन दहाड़े बावन लाख रुपये लूट और एक सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया है इधर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में लगातार छापेमारी की जा रही है दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक विनोद कुमार समस्तीपुर पहुंचकर स्वयं पुलिस जांच की निगरानी कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने संसदीय क्षेत्र रोहतास जिले के दिनारा प्रखण्ड में सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये गुनसेज गांव को चुना है सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आज एक चिकित्सक की गला रेतकर हत्या कर दी मृतक की पहचान अमनौर थाना क्षेत्र निवासी अनिल प्रसाद के रूप में हुई है भोजपुर जिले के आरा में एक निजी स्कूल में एसिड के गंध के कारण सांस लेने में परेशानी से बारह छात्राओं की तबीयत खराब हो गयी सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है